केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज देवघर दौरे पर हैं वे यहां हवाई अड़डे के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं वे यहां लगभग तैयार हो चुके रनवे और भवनों का भी निरीक्षण कर रहे हैं इसके अलावा इस हवाई अड्डे की जरूरतों और सुर्विधाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली श्री पुरी ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ आज बैठक में विस्तार से विचार विमर्श होगा गौरतलब है कि देवघर एक अन्तरराष्ट्रीय तीर्थस्थल है यहां एयर क्नेकटिविटी रहने से श्रद्वालुओं और पर्यटकों को काफी सहुलियत हो जाएगी

एक दिन में ठीक होने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है

स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से अब क्ल पॉजिटिव मामलों की संख्यार बीस दशमलव पांच छह प्रातिशत रह गई है

विश्व में औसत मृत्यु दर तीन प्रतिशत से ऊपर है इसके मुकाबले भारत में मृत्यु दर कम है

राज्यभर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर उनसठ हजार चालीस पहुंच गई है इनमें से तैंतालीस हजार तीन सौ अट्टाइस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या पंद्रह हजार एक सौ अस्सी है

दिल्ली से आई केंद्रीय मेडिकल टीम ने कल रांची के विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया मांडर और रातू प्रखंड का दौरा करने के बाद टीम रांची सदर अस्पताल पहुंची

अस्सी नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू हो गई ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा तीस स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अंतिरिक्त होंगी इनमें झारखंड से खूलने वाली तीन ट्रेनें देवघर अगरतल्ला एक्सप्रेस मध्यपुर दिल्ली एक्सप्रेस धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस भी शामिल हैं वहीं सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस का ठहराव रांची स्टेशन पर भी होगा इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा था कि रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जाएगी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की कल होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे ने साहिबगंज से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है साहिबगंज से यह ट्रेन शनिवार रात नौ बजकर पैतालीस मिनट पर खुलेगी यह ट्रेन पीरपैंती कहलगांव भागलपुर सुल्तानगंज जमालपुर कियूल बरहिया मोकामा बाढ़ होते हुए कल सुबह चार बजकर पैतालीस मिनट पर पटना पहुंचेगी कल रात यह ट्रेन आठ बजकर पचपन मिनट पर पटना से खुलेगी और उन्हीं मार्गो से होते हुई अगले दिन सुबह चार बजकर पांच मिनट पर साहिबगंज पहुंचेगी ट्रेन में सभी बोगी आरक्षित रहेगी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में कल रांची शहर में खुले नालों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान अदालत ने नालों के खुले रहने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रांची नगर निगम को गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है अदालत ने कहा है कि एक साल से खुले नालों को ढंकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है और नगर निगम यह भी बताने की स्थिति में नहीं है कि खुले नाले कब तक बंद होंगे खुले नालों में लोग बह जा रहे हैं और रांची निगम सिर्फ कागजी कार्यवाही ही कर रहा है इस मामले में अदालत ने रांची नगर निगम से विस्तृत जानकारी मांगी है वहीं झारखंड उच्च न्यायालय ने पांच सौ बेड की क्षमता वाले रांची के सदर अस्पताल के पूरी तरह से चालू नहीं होने पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है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

इसे लेकर उन्होंने विभाग के सचिव राहुल शर्मा को पत्र लिखा है

अगले दो वर्ष तक ये अभ्यर्थी अब नियुक्तियों में भाग ले सकेंगे वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की मान्यता सात साल के लिए होती है

मंत्री ने कोरोना का हवाला देते हुए इनके प्रमाणपत्रों की मान्यता को दो साल का विस्तार देने का निर्णय लिया है

कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने अपने टवीट में कहा है कि कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है

कार्मिक राज्यमंत्री ने बताया कि बढाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स के महज चौथे दिन ही इसका परिणाम घोषित कर दिया है जेईई मेन्स परीक्षा इस महीने की दो और छह तारीख को आयोजित की गई थी इसमें सफल उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे

इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं

कोरोना संकट के कारण जेईई मेन्स की परीक्षा दो बार टाल दी गई थी

इनमें से आठ केन्द्र विदेश में थे

इस वर्ष पहली प्रवेश परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी

खेल मंत्रालय द्वारा पंद्रह अगस्त से दो अक्टूबर तक महात्मा गाँधी जी कि जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है खेल मंत्रालय के निर्देश पर रांची रेल मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के तहत कल रांची में दौड़ का आयोजन किया जिसमें पूर्व तथा वर्तमान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया

खुंटी जिला के स्थापना के आज तेरह साल पुरे हो गए उपायुक्त ने ने कहा कि यह जिला लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने जिलावासियों को इसके लिए शभकामनाएं दी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश पोद्दार राज्यसभा में पार्टी के सचेतक बनाये गए हैं उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा और मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला के प्रति आभार जताया है